संसद में पेश किये गये दो हजार उन्नीस बीस के आम बजट से देश में सकारात्मक वातावरण बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट इक्कीसवीं सदी के भारत का बजट है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश दो हजार पच्चीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्री गंभीरता से इस दिशा में सभी नीतिगत सुधारों के उपाय कर रही है वित्तमंत्री ने कहा है कि स्टार्ट अप कम्पनियों को कर में छूट देने का प्रस्ताव है इससे उन्हें कारोबार करना आसान होगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्व सहायता समूह में महिलाओं को कारोबार के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपये दिये जायेंगे तथा उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा होगी बाईट उज्जवला योजना हो उजाला हो घर तक फेसिलिटी पहुंचाना हो या महिला को भी बैंक अकाउंट खुलवाना हो मुद्रा में ज्यादातर लोन महिला को देना हो

गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आशा और सशक्तिकरण का बजट बताया है जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है कई ट्वीट कर श्री शाह ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था आवास बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम बजट को विकासोन्मुख बताया है बाईट ये बजट सभी लोगों के लिए और देश के लिए बेहतरीन बजट है देश के विकास को पिछले पांच साल में जो गति मिली उसको आगे ले जाने वाला और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पाने वाला और देश को पांच लाख करोड़ डॉलरस की इकोनोमी बनाने का जो भारत ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा होगा उसका इसमें यथार्थ दर्शन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के विनिवेश के लक्ष्य को अच्छी पहल बताया है फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि रेलवे में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन अच्छा कदम है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में प्रभावी उपाय सुझाए गए हैं आकाशवाणी से बातचीत में राजीव कूमार ने कहा कि पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए बैंकिंग प्रणाली का मजबूत होना जरूरी है

एक और सपोर्ट दिया है ताकि इकॉनमी में ग्रोथ हो सके राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने आकाशावाणी से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वे भी आधार नंबर का प्रयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं बाईट अगर उनके पास आधार है तो अगर वो चाहें तो सीधे जहां जहां पर पैन की जरूरत हो इनकम टैक्स का रिटर्न हो या और भी कहीं पर हो वो आधार के द्वारा कर सकते हैं इसलिए देश में जो जिनके पास भी आधार है उन सबको यह सुविधा मिल जाएगी हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बजट के बारे में बात की लोगों ने यह कहते हुए बजट की प्रशंसा की कि इसमें गरीबों किसानों और मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है

उन्होंने आर्थिक पूरे टीम के साथ इस बजट को बहत अच्छा स्वरूप दिया है और जो अपने मुद्रा योजना से जो रोजगार करते थे सकिल रोजगार करते थे उनकी लिमिट भी अच्छी बढ़ा दी उनहोंने और स्पोर्ट्स को भी लिया साथ में विक्रम उनका जो बजट है क्लीन बजट है इन्होंने जो ढाई से फाइव लाख किया था बारह हजार पांच सौ डिडक्ट किया है ये बहुत बढिया है टैक्स आने से ही तो हमारा गांव मजबूत होगा एफ बी शर्मा नाम है मेरा सबसे पहले जो पांच लाख तक की इनकम है लोगों की मीडिल क्लास की उस पर कोई टैक्स नहीं है दूसरी बात क्या है कि जो मिडिल क्लास का बंदा मकान लेने के लिए तड़पता है क्या आप मकान लोगे उसमें साढ़े तीन लाख की तक की छूट रहेगी किसानों के लिए भी अलग दिया है शिक्षा के लिए भी अलग दिया है पहले से काफी बेहतर मतलब रूप में इन्होंने पेश किया है

प्रधानमंत्री बड़ा लालपुर के दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केन्द्र में पार्टी के लगभग पांच हजार कार्यकताओं को संबोधित करेंगे इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ कार्यकताओं को सम्मानित भी करेंगे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 इस सदस्यता अभियान को लेकर बिहार भाजपा की प्रदेश जिला मंडल इकाई के साथ शक्ति केन्द्र और बूथ स्तर को सक्रिय होने को कहा गया है इस दौरान केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव इस अभियान की शुरूआत करेंगे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक पर उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त करने की जवाबदेही दी है अब किसी भी स्कूल के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री नहीं हो सकेगी मुख्य सचिव ने पटना नगर निगम को तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं को लिए अलग से ग्रेडर लाईसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया हैं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून सक्रिय है बंगाल की खाड़ी में फिर से कम दवाब का क्षेत्र बनने से यह सिस्टम और प्रबल हुआ है जिसके कारण आज से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है

शुक्रवार को तेज बुखार से पीड़ित छह बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है चिकित्सकों ने बताया कि पीड़ित बच्चों का सैंपल पटना में भेजा गया है नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नयी सराय मुहल्ला से एसटीएफ ने चार तस्करों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया पटना में संपन्न टैलेंट सीरिज अंडर सिक्सटिंन टूर्नामेंट में बिहार के हर्ष अगासी ने एकल खिताब पर कब्जा जमाया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आज आम बजट की खबर को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अमीर पर कर गरीब पर करम पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को संसद में देश का बही खाता पेश किया दैनिक जागरण ने लिखा है सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया जारी रखी गरीबों के कल्याण पर पूरी तरह अडिग दूसरी परी दमदार आगाज प्रभात खबर लिखता है न्यू इंडिया में अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति आज अखबार आम बजट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है गांव गरीब व किसान पर फोकस